श्री मोदी ने कहा कि देश में बनी दो वैक्सीन कोविशिल्ड और कोवाक्सिन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई है उन्होंने कहा कि दोनों वैक्सीन किफायती हैं तथा चार और वैक्सीन विकसित की जा रही है श्री मोदी ने कहा है कि पहले चरण में स्वास्थ्यकर्मियों और अन्य अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को ये टीके लगाए जाएंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले चरण में तीन करोड़ लोगों के टीकाकरण का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी द्रसरे चरण में पचास वर्ष से अधिक आय् और किसी रोग से ग्रस्त पचास वर्ष से कम आय् के लोगों को टीका लगाया जाएगा उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों ने देशवासियों को प्रभावी टीके उपलब्ध कराने के लिए सभी सावधानियां बरती हैं श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने कोविड वैक्सीन से किसी भी तरह की असहजता से निपटने के प्रबंध किए हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्यों के बीच विचार विमर्श तथा सहयोग से कोविड के खिलाफ लड़ाई में बहत मदद मिली है

श्री मोदी ने कहा कि यह कोरोनाकाल के दौरान एकज्ट होकर काम करने का परिणाम है प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण के दौरान अफवाहें न फैलाने को स्निश्चित बनाने का भी आग्रह किया उन्होंने कहा कि देश के भीतर और बाहर क्छ स्वार्थी लोग अफवाहों को हवा देने का काम कर सकते हैं

प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या छाछठ हो गई है और कोविड रिकवरी दर निन्यानबे दशमलव दो सात है रविवार को दर्ज किए गए कोविड के नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से तीन लेपारादा और लोअर सियांग़ जिले से एक एक मामले शामिल हैं

उन्होंने कहा कि इस प्ल के बनकर तैयार हो जाने से मारियांग गेक् विधानसभा क्षेत्र के द्र दराज के गांवों को आवागमन में स्विधा होगी श्री लिबांग ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने और स्थानीय उत्पादन के विपणन में सहायता के लिए सरकार सड़क संपर्क को मजबूत करने को प्राथमिकता दे रही है

कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन से प्रभावित छोटे द्कानदारों को अपने व्यवसाय को पटरी पर लाने के लिए आसान शर्तों पर बैंकों द्वारा ऋण म्हैया कराया जा रहा है इसी को लेकर आज पासीघाट में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लोन मेला शुरु हुए इस मेले के दौरान द्कानदारों को पीएम स्वनिधी योजना के बारे में जानकारी दी गई और इसके तहत लोन लेने के इच्छ्क व्यवसायियों को आवेदन पत्र मु्हैया कराया गया राज्य के शहरी विकास विभाग के संयुक्त निदेशक एनलेगो ने बताया कि इस तीन दिवसीय मेले के दौरान चयनित लाभार्थियों को इस योजना के तहत दस हजार रुपये का ऋण दिया जाएगा जिसमें सरकार की भी हिस्सेदारी होगी

इस अवसर पर ईटानगर शहरी निकाय दवारा भारतीय स्टेट बैंक के ईटानगर क्षेत्रीय कार्यालय दवारा आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्ट्रीट वेंडर्स को अपने व्यवसाय को बढ़ावा के लिए डिजिटल पेमेंट की प्रक्रिया और इसमें किसी भी तरह की धोखा धड़ी से बचने के लिए आवश्यक टिप्स दिए गए भारतीय स्टेट बैंक ईटानगर के लिड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर रंजित सिंह ने स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल व्यवसाय के फायदे के बारे में भी जानकारी दी उन्होंने बताया कि पीएम स्ट्रीट वेंडर्स योजना के तहत छोटे व्यवसायियों को आसान शर्तों पर ऋण म्हैया कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं गए है इसके तहत ठेले वाले द्रकानदार नाई की द्कान मोची पान की द्रकान लॉन्ड्री सेवाओं को भी शामिल किया गया है

इसी के तहत राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और स्थानीय विधायक आलो लिबांग ने अपर सियांग जिले के यिंगकियोंग में सियांग नदी के किनारे मेते मेकोंग साहसिक पर्यटन महोत्सव का श्भारंभ किया